पहला मामला फतेहपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अभय और अन्य तथा दूसरा मामला देवरिया के जिलाधीश विवेक के नाम दर्ज है अब तक मिले ब्यौरे के अनुसार फतेहपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के ठिकानों से करीब सैंतालिस लाख रूपये नकद मिले हैं वे इस समय बुलंदशहर के जिलाधिकारी हैं देवरिया के तत्कालीन जिलाधिकारी देवीशरण उपाध्याय के ठिकाने से करीब दस लाख रूपये की नकदी मिली है छापेमारी आज सवेरे शुरू हुई थी राज्य में अवैध खनन की जांच कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अट्ठाईस जुलाई दो हजार सोलह के निर्देश पर सीबीआई ने सात प्रारम्भिक जांच शुरू की थी सरकार किसानों को खेती के लिए सब्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक फैक्टरियों को काफी रियायतें दे रही है

इस अवसर पर रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत सात लाख करोड़ रूपये लाभार्थियों को वितरित किए हैं देश में सात लाख करोड़ रूपये डीपीटी के माध्यम से लाभार्थी के पास पहुंचाया

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी को अपनी एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण विस्तार मानता है कल नई दिल्ली में इस भागीदारी पर अनौपचारिक विचार विमर्श के लिए आयोजित भारत आसियान ट्रोइका व्यापार मंत्रियों की बैठक में उन्होंने यह बात कही गोयल ने कहा कि इस भागीदारी में पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक वृद्धि और स्थिरता की व्यापक संभावना है पीयूष गोयल ने कहा कि अभी हाल में मेलबर्न में आर सी ई पी की विशेषज्ञ स्तर की बैठक में कुछ प्रगति हुई और सदस्य देशों के रूख में लचीलापन दिखा केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर परामर्श कराने का अनुरोध किया है केंद्र ने कहा है कि वह अपने यहां इस मसौदे पर विचार विमर्श कराएं और इक्कीस जुलाई तक सुझाव दें मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में एक कार्याशाला में यह बात कही डॉक्टर निशंक पांच वर्ष का विजन दस्तावेज और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इस राष्ट्रीय कार्याशाला की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने शिक्षा को न्यू इंडिया की बुनियाद बताया केन्द्र सरकार ने बताया कि पिछले महीने के अंत तक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लैटफार्म पर एक करोड़ चौसठ लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है इनमें से अस्सी लाख से अधिक किसानों ने इसका फायदा उठाया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि करीब सवा लाख व्यापारी भी इस प्लैटफार्म से जुड़े हैं पिछले महीने के अंत तक इकहत्तर हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार इसके जरिये हो चुका है केंद्र आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लिए किफायती आवास योजना के तहत सभी नागरिकों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है दूरदर्शन समाचार के साथ साक्षात्कार में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार दो हजार बाईस तक एक करोड़ नागरिकों को मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले अड़तालिस घंटे के दौरान तेज वर्षा होने की चेतावनी जारी की है राज्य में पिछले दो दिनों से पहले ही भीषण वर्षा हो रही है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मॉनसून की मौजूदा बारिश किसानों के लिए सोना बनकर आई है पिछले अड़तालीस घंटों से लगातार हो रही बारिश से सिर्फ धान की रोपाई में ही तेजी नहीं आई है बल्कि अब तक बुंदेलखंड में भी बारिश की वजह से तिलहन और दलहन की फसलों को बोने का काम तेजी पकड रहा है कई शहरों में लगातार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज़यादा बारिश कानपुर में रिकॉर्ड की गयी इसके साथ ही मेरठ कन्नौज मैनपुरी प्रयागराज बस्ती सिद्दार्थनगर गोरखपुर और खुशीनगर जैसे शहरों में पिछले अड़तालीस घंटों से लगातार बारिश हो रही है लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ